पटना में सबसे अधिक तीन हजार छह सौ पैंसठ संक्रमित पाये गये

कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है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 सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से प्रदेश में आज कोविड के रिकार्ड पंद्रह हजार एक सौ छब्बीस नये मामले दर्ज किये गये इसके साथ ही राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर एक लाख अठाईस हजार से अधिक हो गयी है पटना जिले में सर्वाधिक तीन हजार छह सौ पैंसठ नये मामलों की पुष्टि हुई है वहीं गया से सात सौ बावन मुजफ्फरपुर से सात सौ छत्तीस नालंदा से पांच सौ पैंतीस पश्चिमी चंपारण से पांच सौ तैंतीस और भागलपुर जिले से पांच सौ तीन नये मामले सामने आये हैं राज्य में कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़कर तीन हजार से अधिक हो गयी है मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच अस्पताल के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज छह लोगों की कोविड से मृत्यु हो गयी राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए आतिथ्य सेवा के अंतर्गत होटलों को भी खुले रखने की अनुमति दी है इसके अनुसार होटल और गेस्ट हाउस खुले रखे जा सकते हैं इस दौरान ठहरने वाले लोगों को अपने रूम में ही भोजन करना होगा इसके अलावा खाद्यान्न अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालयों पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की जरूरी गतिविधियों से जुड़े कार्यालयों को भी खुले रखने की अनुमति दी गयी है इसके अलावा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी छूट दी गयी है गौरतलब है कि कल से पंद्रह मई तक राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर दोषियों के खिलाफ प्रशासन सख्ती से पेश आ रहा है आज भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में नियमों का उल्लंघन कर दुकान खोलने वाले और बिना वजह बाहर निकलने पर कई लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गयी हमारे कटिहार संवाददाता ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र में कपड़े की दुकान खोलने पर चौदह व्यवसायियों को गिरफ्तार किया गया है वहीं औरंगाबाद में औचक निरीक्षण के दौरान पंद्रह दुकान खुली पाये जाने पर उन्हें सील कर दिया गया शेखपुरा में भी एक आभूषण की दुकान को चोरी छिपे खुले रखने पर सील कर दिया गया कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के कारण बिहार में लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही नेपाल सरकार ने भी इंडो नेपाल सीमा को सील कर दिया है और सीमाई इलाकों में सख्ती बरती जा रही है इधर नेपाल के भी कई जिलों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है नेपाल में दवा और किराना दुकान समेत जरूरी दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें और बाजार बंद कर दी गई है नेपाल में शराब की दुकानें भी सीमित समय तक खोलने का आदेश जारी किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के खिलाफ लडाई में राज्यों से टीकाकरण की गति को सुचारु बनाये रखने को कहा है उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बावजूद टीकाकरण के लिए नागरिकों को सुविधा प्रदान की जानी चाहिए और टीकाकरण में शामिल स्वास्थ्यकर्मियों को दूसरे कामों में नहीं लगाना चाहिए प्रधानमंत्री ने देश में कोविड की स्थिति को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में आज यह बात कही श्री मोदी ने कोविड टीकों के उत्पादन को बढाने के भी निर्देश दिये प्रधानमंत्री ने उन बारह राज्यों के बारे में भी जानकारी ली जहां कोविड के सबसे अधिक मामले पाये गये हैं श्री मोदी ने निर्देश दिया कि राज्यों को चिकित्सा संबंधी बुनियादी सुविधाओं को बढाने के लिए सहायता और दिशा निर्देश दिए जाएं देश में अब तक सोलह करोड़ पच्चीस लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल उन्नीस लाख पचपन हजार से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाया गया इधर पिछले चौबीस घंटे के दौरान देश भर में चार लाख बारह हजार दो सौ बासठ लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है इसे मिलाकर कुल संक्रमितों की संख्या दो करोड़ दस लाख से अधिक हो गई है वहीं उपचार के बाद कोरोना संक्रमण से उबरने की दर इक्यासी दशमलव नौ नौ प्रतिशत हो गई है कल तीन लाख उनतीस हजार रोगी संक्रमण मुक्त हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन के बावजूद श्रमिकों को हर हाल में रोजगार सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं श्री कुमार ने आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिये अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण क्षेत्रों में चलाये जा रहे रोजगार सृजन कार्यों की समीक्षा की मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिए काम मुहैया कराने के निर्देश दिये और मजदूरी का भुगतान भी समय पर करने को कहा उन्होंने कहा कि माइकिंग के जरिये लोगों के बीच रोजगार के अवसरों के बारे में प्रचार किया जाना चाहिए इसके अलावा उन्होंने गरीब और असहाय लोगों के लिए सामुदायिक रसोई का सुचारु संचालन करने को कहा श्री कुमार ने इन विशेष रसोई घरों में कोविड नियमों का हर हाल में अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये बैठक में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद रेणु देवी मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण विकास आयुक्त आमिर सुबहानी आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि लॉकडाउन के बावजूद राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चल रहा है उन्होंने कहा कि जिलों में स्वास्थ्य विभाग ने मानव बल की संख्या बढ़ाने के लिये कई कदम उठाये हैं श्री पांडेय ने कहा कि तीन महीनों के लिये अस्थायी तौर पर चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की जायेगी इससे अस्पतालों में मानव संसाधन की कमी दूर होगी देश के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा है कि कोविड की तीसरी लहर का आना भी तय है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह कब आयेगी और किस स्तर की होगी नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री राघवन ने कहा कि कोरोना के नये स्वरूप अधिक संक्रामक हो सकते हैं उन्होंने कहा कि कोरोना के वर्तमान स्वरूप में टीके बहुत प्रभावकारी हैं और ये लोगों की जान बचाने में सक्षम है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह ने कहा है कि कोविड रोगियों को स्टेरॉयड देते समय काफी सावधानी रखनी चाहिए ये हमेशा चिकित्सकों के परामर्श से ही दिया जाना चाहिए

शिकायत मिलने पर विशेष दलों द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि आर्थिक अपराध इकाई के पटना स्थित नियंत्रण कक्ष का द्रभाष नम्बर दो दो एक पांच एक चार दो पर किसी भी प्रकार की शिकायत की जा सकती है इसके अलावा मोबाईल नम्बर आठ पांच चार चार चार दो आठ चार दो सात और सात पांच चार तीन शून्य एक चार एक शून्य शून्य पर भी शिकायत की जा सकती है नियंत्रण कक्ष के ये नम्बर सात दिन चौबीस घंटे कार्यरत रहेंगे केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में तेघड़ा अनुमंडल अस्पताल और बछवाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य कोन्द्र का निरीक्षण किया उन्होंने कोविड रोगियों के लिये अस्पताल में हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये जमुई जिला प्रशासन ने पचास लाख रूपये की लागत से सदर अस्पताल में ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट स्थापित करने की अनुमति दी है खगड़िया के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर ने खगड़िया और गोगरी में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिये जिलाधिकारी से अनुरोध किया है इधर सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि बेतिया में इंडियन ऑयल के सहयोग से पांच सौ लीटर क्षमता वाला ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाया जा रहा है आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम अधिशासी सुधांशु कुमार का कोविड संक्रमण से असामयिक निधन हो गया वे विविध भारती पटना में भी पदस्थापित रह चुके थे उनके निधन पर आज आकाशवाणी पटना के विविध भारती कार्यालय में शोक सभा का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गयी इधर रोहतास जिले के अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार सिंह का भी कोविड के कारण निधन हो गया उनका इलाज नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा था नवादा के सदर प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी निलेश शर्मा की कोविड उन्नीस से मौत हो गयी उनका पटना के एनएमसीएच में इलाज चल रहा था राज्य सरकार ने कोरोना के दौर में इलाज के लिये आवश्यक एक सौ उनचास दवाओं को अनिवार्य औषधि घोषित कर दिया है सरकार ने राज्य के औषधि नियंत्रक को हर हाल में इन दवाओं की बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं जिन दवाओं को आवश्यक औषधि घोषित किया गया है उनमें पंचानवे सामान्य प्रकार के इलाज और चौवन आईसीयू प्रबंधन के लिये उपयोग में आती हैं सरकार ने एजिथ्रोमाइसिन पारासिटामोल जिंक सल्फेट डॉक्सीसाइक्लीन विटामिन सी विटामिन डी विटामिन बी काम्प्लेक्स रेमडेसिविर टोसेली जुमैब सहित सत्रह दवाओं की बाजार में हर हाल में उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान दक्षिण बिहार के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश रिकार्ड की गयी है मौसम वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि जमुई नवादा और आसपास के क्षेत्रों में बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है

यह प्रमाण पत्र केवल विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पोर्टल के उपयोग से ही जारी किया जाएगा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी है पश्पालन विभाग ने पश्ओं में तेजी से फैल रहे लंफी चर्मरोग को लेकर सभी जिलों को अलर्ट किया है इस संबंध में पशुओं के बचाव के लिये परामर्श जारी किया गया है सभी जिलों में पशु अस्पतालों को पूरी तैयारी रखने को कहा गया है कम रोग निरोधक क्षमता वाले पशुओं में यह बीमारी तेजी से फैलती है

पटना में सबसे अधिक तीन हजार छह सौ पैंसठ संक्रमित पाये गये